गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर का विशेष संवैधानिक दर्जा खत्म करने वाला प्रस्ताव भी सदन में विचार के लिये पेश किया विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा राजनीतिक नहीं है बल्कि कानूनी है जम्मू कश्मीर शुरूआत से भारत का अभिन्न अंग रहा है

उन्होंने कहा कि वह सरकार से स्पष्टीकरण चाहती है

विधेयक में जम्मू और कश्मीर को विधानसभा वाला केन्द्र शासित प्रदेश और लद्दाख को बिना विधानसभा वाले केन्द्र शासित प्रदेश बनाने के प्रावधान हैं

इस मसले का मध्यस्थता के जरिये सौहार्दपूर्ण समाधान के प्रयास असफल होने के बाद उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला किया था

कल नई दिल्ली में केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय एक समारोह में राज्य के महिला और बाल विकास विभाग को यह पुरस्कार देगा

अब दो या फिर दो से अधिक का समूह मॉब लिचिंग कानून के दायरे में आएगा वहीं ऑनर किलिंग में अब अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है

मानसून अवधि में दोनों बांध लबालब होने की उम्मीद है

उपखण्ड अधिकारी ने मेले का विधिवत उद्घाटन किया मेले में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किये गये है हमारे संवाददाता ने बताया कि श्रद्वालुओं के लिये जगह जगह भण्डारों की व्यवस्था की गई है जगह जगह से पैदल यात्रियों के जत्थे डिग्गी मेले के लिये रवाना हुए है